प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंच रहे हैं

आजमगढ़ कार्यक्रम के बाद श्री मोदी बनारस पहुंचेंगे जहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अगले दिन पन्द्रह जुलाई को प्रधानमंत्री का मिर्जापुर में कार्यक्रम है और विवरण हमारे संवाददाता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आजमगढ़ जिले की मंद्री हवाई पट्टी के नजदोक एक मैदान में बहुप्रतीक्षित आठ लेन वाले पूर्वाचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे

आजमगढ़ में प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे आजमगढ़ के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जायेंगे

प्रधानमंत्री भिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार आजमगढ श्री मोदी के प्रदेश भ्रमण के मददेनजर आजमगढ़ वाराणसी तथा मिर्जापुर में कार्यक्रम स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं वर्षा के मौसम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों पर लोगों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है प्रधानमंत्री का इक्कीस जुलाई को शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अजंता गुफा लेह पैलेस और ताजमहल को छोड़कर केंद्र संरक्षित सभी स्मारकों और धरोहर स्थलों के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नये मुख्यालय धरोहर भवन के उदघाटन अवसर पर पर्यटकों को धरोहर स्थलों और स्मारकों में चित्र लेने की अनुमति नहीं होने पर आश्चर्य प्रकट किया था बाइट आज स्पेस टेकनोलॉजी से हजारों मील ऊपर से दिल्ली की किस गली में कौन सा स्कूटर पार्क किया हुआ है उसका नंबर क्या है वो फोटो ले सकते हैं लेकिन मौनूमेंट पर बोर्ड लिखा है यहां फोटो खींचना मना है अब वक्त बदल चुका है टेक्नोलॉजी बदल चुकी है मैंने एक बार जब हमारे यहां सरदार सरोवर डैम बन रहा था डैम पर लोग आना चाहते थे लोग देखना चाहते थे वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे फोटो खींचना मना है तो मैंने उलटा किया मैं मुख्यमंत्री था तो कर सकता था मैंने कहा यहां जो फोटो बढ़िया खिंचेगा उसको इनाम दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और मार्ग दर्शन से प्रेरित होकर फोटोग्राफी की अनुमति देने का फैसला किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के विकास और खुशहाली में राजस्व की बड़ी भूमिका होती है उन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक उपभोक्ताओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि यहां पर राजस्व प्राप्ति की असीम संभावनाएं है और सरकार का लक्ष्य ह कि व्यापारियों को पारदर्शी और प्रभावी कर व्यवस्था मिले श्री योगी आज उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के बावनवें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने बताया कि राज्य में संग्रह किये जाने वाले राजस्व का सबसे बड़ा भाग वाणिज्य कर विभाग द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की संकल्पना को मूर्त रूप देते हुए पिछले वर्ष एक जुलाई से पूरे देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी लागू की गई है यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था उन्होंने कहा कि जीएसटी को और बेहतर ढंग से लागू किया जाये जिससे आने वाले समय में राजस्व को बढ़ाया जा सके मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित कृषि और मनरेगा क संबंध मे नीति आयोग की उप समिति की पहली बैठक में हिस्सा लिया

बैठक में किसानों की आय को दोगना करने में मनरेगा की भूमिका कृषि में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने तथा फसलों के नुकसान की भरपाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों की आय को दोग़ना करने में मनरेगा की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श के लिए राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की जाये

गौरतलब है कि कृषि में मनरेगा को भूमिका पर नीतिगत दृष्टिकोण और प्रस्तुतियां प्राप्त करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे स्चना और प्रसारण मंत्रो राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता लोकतत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोच्चि में मनोरमा समाचार सम्मेलन का आज उद्घाटन करते हुए श्री राठौर ने कहा कि हिंसा स्वतंत्रता को नकारती है श्री राठौर ने कहा कि देश के संविधान की रक्षा हर एक की जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी कीमत पर वहां हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी

रिजर्व बैंक ने भुगतान करने वाले का नाम नहीं होने की समस्या और मनी लांड्रिंग की रोकथाम के लिए डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर नाम देना अनिवार्य कर दिया है रिजर्व बैंक ने कल मुंबई में इस बारे में सभी बैंकों को अधिसूचना जारी की आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए धन के गलत इस्तमाल के कई मामले सामने आए हैं इसलिए यह तय किया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट पर उसे बनवाने वाले का भी नाम हो डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ पे आर्डर और बैंकर चेक के लिए भी ये आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक जो भी डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर बैंक बनाएंगे उस पर बनवाने वाले का भी नाम दर्ज होगा

प्रदेश को इस वर्ष दो अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेन्द्र चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी के साथ समयबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण कराना सुनिश्चित करे उन्होंने योजना बनाकर कार्यो में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जायेगी श्री चौधरी ने बांदा लखनऊ वाराणसी उन्नाव सहारनपुर जौनपुर एटा हरदोई कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पाये जाने पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कानपुर क जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि अब तक तीन सौ बानवे गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं उन्होंने शत प्रतिशत लक्ष्य के लिए अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने के निर्देश दिये लेखपालों को हड़ताल समाप्त करने की चेतावनी देने तथा एस्मा लागू करने के बाद भी उनके काम पर वापस न लौटन के चलते सरकार द्वारा इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य में लेखपालों को निलम्बित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है साथ ही कई को नोटिस जारी की गई ह सिद्धार्थनगर में बावन संतकबीर नगर में सत्ताईस तथा कुशीनगर में चौदह हड़ताली लेखपालों को निलम्बित किया गया हैं वहीं बड़ी संख्या में लेखपालों को नोटिस जारी किये गये हैं हमीरपुर में काम पर वापस न आने की स्थिति में दो सौ उन्तीस लेखपालों के खिलाफ सेवा समाप्त करने की नोटिस जारी की गई है अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल ने बताया कि हड़ताल के कारण लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने खसरा खतौनी की नकल लेने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेखपाल संघ ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है खाद्य वस्तुओं के मूल्य म नरमी के बावजूद ईंधन मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष जून में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर पिछले पांच महीनों में सबसे अधिक पांच प्रतिशत रही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति मई में चार दशमलव आठ सात प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष जून में यह एक दशमलव चार छह प्रतिशत थी आगामी सत्ताईस अट्ठाईस जुलाई की रात को इस सदी का सबसे लम्बा पूर्ण चन्द्र ग्रहण लगेगा जो करीब पौने दो घंटे तक रहेगा

प्रथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार एक घंटे तैंतालीस मिनट तक चन्द्रमा पूरी तरह प्रथ्वी की छाया में होगा गणना के अनुसार अगले बयासी वर्ष दो हजार एक सौ तक इतना लम्बा पूर्ण चन्द्र ग्रहण दोबारा नहीं लगेगा इस दिन लाल ग्रह मंगल पृथ्वी के ठीक सामने होगा